प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे इस दौरान कोविड की स्थींति और टीकाकरण की तैयारी पर चर्चा की जायेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शनिवार से शुरू होगा

प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में देश में कोविड से उत्पन्न स्थिति और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी गृहमंत्री अमित शाह ने आज कोयला खदानों के सुगम संचालन की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली की वर्चुअल समारोह में शुरुआत की इसके जरिये खदानों के संचालन के लिए एक ही स्थान पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित भी रहे अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि कोल सेक्टर में उचित दोहन की शुरूआत हो चुकी है भ्रष्टाचार को दूर कर भरोसा लाया जा रहा है उन्होंने कहा है देश को पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में कोयला क्षेत्र की अहम भूमिका होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में आयोजित किये जा रहे वर्चुअल आयोजनों से नौजवानों को कई दिलचस्प घरेलू और वैश्विक मंचों का हिस्सा बनने का शानदार अवसर मिला है

उन्होंने युवाओं से इस आयोजन का हिस्सा बनने का आग्रह किया स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्देश्य उद्योग अकादमिक जगत निवेश बैंकिंग वित्त और स्टार्टअप क्षेत्र के युवा नेताओं को एक मंच पर लाना है भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल को शुरू हुए पांच साल हो गये हैं इस पहल ने भारत को द्वनिया में सबसे आकर्षक स्टार्टअप माहौल वाला देश बना दिया है

इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का भूगतान किया गया है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट आईडीपी जारी करने की सुविधा देने के लिए एक अधिसुचना जारी की है इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका ड्राइविंग पर्रेमिट विदेश में रहते हुए समाप्ते हो गया है मंत्रालय ने कल जारी बयान में कहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इसके नवीनीकरण की पहले कोई सुविधा नहीं थी मंत्रालय ने कहा है कि अब भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दृतावासों और मिशन के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल के माध्यम से किए जाएँगे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं

मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोडने या दाखिला न ले पाने से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की यह सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बैठक की अध्यक्षता कोविड से निंपटने के लिए गठित टेक्नॉलोजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूहों के प्रमुख रामसेवक शर्मा ने की इसमें राज्यों के प्रधान सचिवों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया इस बैठक के दौरान कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के साथ साथ इसके उपयोग और टीकाकरण पूर्वाभ्यास से प्राप्त जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान दुनिया में अपनी तरह का सबसे बडा अभियान होगा आधार प्लेटफार्म के उपयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नम्बरों को आधार से जोड़ लेने को कहें ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीयन हो सके और इससे संबंधित जानकारियां एसएमएस के जरिये उन्हें भेजी जा सकें श्री शर्मा ने कहा कि टीकाकरण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होना और टीकाकरण का डिजीटल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है

अबतक एक लाख चौदह हजार तीन सौ दो मरीज ठीक हुए हैं कल एक सौ पैंतालीस नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं एक सौ उनहत्तर मरीज ठीक हुए हैं जबकि दो लोगों की मौत हुई हैं मृतकों में धनबाद और पलामू जिले से एक एक मरीज शामिल हैं

इनमे एक हजार चार सौ अड़सठ सक्रिय केस हैं अब तक राज्य में कोरोना से एक हजार सैंतालीस मरीज की मौत हुई हैं प्रदेश में उनचास लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है कल बारह हजार से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए

कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार हाइब्रिड फिल्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमें कुछ फिल्में मंच पर और कुछ ऑनलाइन दिखाई जायेंगी इस वर्ष पहली बार इफ्फी अपने दर्शको के लिए ओटीटी प्लेटफार्म पर कुछ कार्यक्रम आयोजित करेगा इनमें स्पेन के फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोदोवर की लाइव फ्लेश बैड एजुकेशन और वोल्वर जैसी फिल्में शामिल है इसके अलावा स्वीडन के फिल्म निर्देशक रूबेन ओसलुंड की स्केयर और फोर्स माजेउर फिल्म भी दिखाई जायेगी इस बार के फिल्मोत्सव के विशेष खण्ड कंट्री इन फोकस में बांग्लादेश पर विशेष ध्यान केनद्रित किया जायेगा इसमें उत्कृष्ट सिनेमा में बांग्लादेश के योगदान को उजागर किया जायेगा

साहिबगंज नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्व निधि योजना कोरोना काल में खराब हो चुकी स्ट्रीट वेंडरों की माली हालत में सुधार को लेकर सहायक हो रही है

गोड्डा जिले में देबंधा गांव नदी के किनारे बालू तस्करी की घटना में बालू माफिया की पिटाई से एक नाबालिग की मौत मामले में पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने कार्रवाई की है एसपी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित किया और गोड्डा के एसडीपीओ और मुफस्सिल थाना प्रभारी को शो कॉज नोटिस जारी किया सघन छापेमारी में एक नामी बालू तस्कर गिरफ्तार किया गया है और छह नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बालू माफियाओं को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी